सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के आह्वान पर भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में बह्त तेजी आई है विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन देशभर में चालीस लाख से अधिक टीके लगाए गए सबसे बडे और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के सत्तासीवें दिन देश में टीकाकरण केन्द्रों की क्ल संख्या में भी काफी बढोत्तरी हुई है और यह पैंतालीस हजार से बढकर इकहत्तर हजार हो गई है यानी एक ही दिन में इसमें छब्बीस हजार से अधिक की वृद्धि हुई है कार्यस्थलों पर बनाये गये कोविड टीकाकरण केन्द्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं अब तक देशभर में दस करोड पचासी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पन्वपनबवें वार्षिक सम्मेलन और क्लपतियों के राष्ट्रीय सेमीनार को सम्बोधित करेंगे इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी चार पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे पूस्तकों के नाम हैं डॉक्टर आम्बेडकर जीवन दर्शन डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति दर्शन डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर आम्बेडकर आयाम दर्शन इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिये पन्द्रह अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों के संबंध में संबंधित अटठारह जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो काफ्रॉसिंग के माध्यम से समीक्षा की उन्होंने कोविड संक्रमण से बचाव के लिये कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर सैनिटाइजेशन के साथ आवश्यक चिकित्सा सुविवाओं की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा ली जाये पंचायत चनाव के पहले चरण के लिये राज्य के अट्ठारह जिलों में चुनाव प्रचार अब से कुछ देर पहले समाप्त हो गया इस चरण के लिये पन्द्रह अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जायेंगे वासंतिक नवरात्र आज शुरू हो गया है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं को कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार दर्शन पूजन की व्यवस्था की गयी है श्रद्वाल् पंक्तिबद्व होकर कोविड नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन और विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं मिर्जापूर जिले के विन्ध्याचलधाम स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदेर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला बीती आधी रात से शुरू हो गया है प्रसिद्ध शैक्रिपीठ किंद्याचल में चैत्र नवरात्र मेला मध्य रात्रि से शुरू हो गया

एस एम सबा आकाशवाणी समाचार विध्याचल मिर्जापूर बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भी आज से चैत्र नवरात्र का मेला शुरू हो गया है नैमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्वाल् दर्शन पूजन और धार्मिक अन्ष्ठान कर रहे हैं उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वतमालाओं के बीच रिथत माँ शाक्म्मरी देवी सिद्वपीठ पर श्रद्वाल दर्शन पूजन कर रहे हैं महराजगंज जिले के लेहड़ा शक्तिपीठ गोरखपुर जिले में तरक्लहा शक्ति पीठ और नेकवार की काली माता मंदिर में कोविड नियमों के पालन के साथ श्रद्वाल दर्शन पुजन कर रहे हैं प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं देश के विमिन्न क्षेत्रों में आज पांरपरिक नववर्ष उगाडि गुडी पडवा चैत्र शुक्ल चेटी चंद विशु पुठांडु और बोहाग बिहू के रूप में मनाया जा रहा है चंद्र पंचाग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का आरम होता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाए दी हैं रमजान का पवित्र महिना कल से शुरू हो रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की इस्लामिक कैलेण्डर के अनुसार रमजान नौवां महीना है और इसका समापन इदु उल फीतर के साथ होता है